आज सुबह मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वास व्यक्त किया कि किसान सकारात्मक रूख अपनाकर अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे क़षि मंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्वता को दोहराते हुए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे उन मुद्दों को चिह्नित करें जो उन्हें विवादास्पद लगते हों उन्होंने संगठनों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था बनी रहेगी और इसलिए किसानों को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि इसे हटाया जा रहा है कृषि मंत्री ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की बात स्नने के लिए हमेशा तैयार है पिछले दौर की बातचीत तीन दिसम्बर को सौहार्दपूर्ण और वातावरण में हुई थी उधर सीहोर जिले के चंदेरी गांव किसान एमएस मेवाड़ा का मानना है कि नए कृषि कानूनों से उन्हें अपनी उपज बेचने में काफी सहलियत मिली है

श्री चौहान ने कहा उद्योगों को पूरा प्रोत्साहन देंगे और प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाएंगे म्ख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेक इन इंडिया के लिए मेक इन एमपी जरूरी है उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार करने में मप्र आगे रहेगा

कंपनी द्वारा विद्य्त उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें

यह स्विधा मिलने के बाद यात्रियों को बोर्डिंग के लिए ज्यादा समय नहीं गंवाना पड़ेगा

बाल अधिकारियों की ई संगोष्ठी में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने बताया कि जागरुकता कार्यक्रमों के बाद अब लड़कियां ख्रद इस बात का विरोध कर रही हैं